श्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को यह प्रस्कार सतत विकास और जलवायू परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नेतृत्व के लिए दिया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्टेरेस दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आइसा पूरे विश्व के लिए जलवाय् न्याय सुरक्षित कराने की दिशा में आशा की एक किरण बनकर उभरा है कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ऊर्जा की आवश्यकता के मामले में आइसा वही भूमिका अदा करेगा जो आज तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग की कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा अन्य सभी प्रकार की ऊर्जा का स्थान ले लेगी उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई आज देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे

इससे पहले कल जस्टिस दीपक मिश्रा सेवानिवृत्त हो गये जस्टिस मिश्रा ने प्रधान न्यायाधीश पद के लिये जस्टिस गोगोई के नाम की सिफारिश की थी प्रदेश में हडताल कर रहे कर्मचारियों से वार्ता के लिये राज्य सरकार ने कल देर रात चार सदस्यीय उच्चस्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति गठित कर दी है इसके अध्यक्ष उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत होंगे समिति में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा जल ससांधन मंत्री डॉ रामप्रताप और परिवहन मंत्री यूनुस खान शामिल है गौरतलब है कि ग्रेड पे रिवीजन और वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल कर रहे है आतिशी नजारों के बीच मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कल शाम जयपुर की लाइफ लाईन कही जाने वाली द्रव्यवती नदी का लोकार्पण कर इसे जयपुरवासियों को समर्पित किया

मुख्यमंत्री ने लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि अब लोगों की जिम्मेदारी है कि द्रव्यवती नदी के इस पुनर्जीवित रूप को बरकरार रखते हुए इसे साफ सुथरा और सुंदर रखे ताकि बाहर से लोग आकर इसकी खूबसूरती को निहार सकें

यहां जयप्रवासी जोगिंग साइक्लिंग योगा संगीत और ड्रॉइंग पेन्टिंग जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर लगी प्रदर्शनियों स्कूली बच्चों की ओर से प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक नृत्य और गीत प्रस्तुतियों तथा बैंड वादन का आनंद लिया

राजसमंद जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उल्लेखनीय काम हुए है योजना के तहत किये गये प्रावधानों से गर्भवती महिलाओं को संबल मिला है

उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कल शाम राजसमन्द जिला मुख्यालय पर एक करोड रूपये की लागत से बने अमर जवान ज्योति स्मारक और उद्यान का लोकार्पण किया श्रीमती माहेश्वरी ने इस स्मारक और उद्यान को देशभक्ति की भावना संचारित करने वाला बताया इस अवसर पर उन्होंने जिले के शहीद जवानों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया